मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान दलों का निष्पक्षता के साथ मतदान संपन्न कराने का अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है

देवास जिले की हाटपीपल्या में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ

इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव की सभी ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नेहरू स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं

सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कोरोना के नये मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है

आईटीआई प्रदेश के शासकीय और निजी आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिये प्रवेश प्रक्रिया पुनः शुरू की गई है

करवाचौथ आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है अश्विनी कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है लोक मान्यता अनुसार पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखती है और रात्रि में चन्द्रदर्शन के बाद चन्द्रमा को मिट्टी के बने करवा से अर्घ्य देकर वे अपना उपवास खोलेंगी ये पर्व उत्तरभारत में विशेष रूप से मनाया जाता है देश के अन्य हिस्सों में भी इस पर्व को महिलाएं धार्मिक उत्साह के साथ मनाती है